प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारपोरेट करों में कटौती के फैसले की सराहना की और कहा कि इससे निजी निवेश और निजी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सभी खड़ी फसलों की स्थिति का आकलन करने के लिए गिरदावरी करने के आदेश दिये केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई घोषणायें की है जिसमें घरेलू कंपनियों और नये घरेलू निर्माण उद्योगों के लिए कारपोरेट टैक्स मे कटौती की घोषणा भी की गई है

कंपनियो को इसके अलावा अन्य कोई कर नहीं देना पड़ेगा

मंत्री ने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत दो प्रतिशत खर्च के दायरा का विस्तार करने का निर्णय लिया है इस घोषणा के साथ मुम्बई स्टाक एक्सचेंज के सूचकांक में हजार अंको से ज्यादा का उछाल आया है और अमरीकी डालर के मुकाबले रूपये की कीमत में वृद्वि हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारपोरेट करों में में कटौती के फैसले का स्वागत करते हये इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है एक टिवीट में श्री मोदी ने कहा कि इस फैस्ले से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को ब्रड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हई घोषणायें ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार भारत को व्यापार के लिए बेहतर स्थान बनाने समाज के सभी वर्गो के लिए अवसरों में वृद्वि करने और देश को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्मृद्व बनाने मे कोई कसर नहीं छोड़ रही वितमंत्री के प्रयासों कर सराहना करते हये वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन घोषणाओं से अर्थव्यवस्था में तेज़ी आयेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत की यात्रा पर आये मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्त मागिन बादुल्गा ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उलानबातार स्थित गंदान बौद्व मठ मे भगवान बूद्व की प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण किया

साथ ही प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बौद्व विरासत तथा समान सभ्यता होने का उल्लेख किया था अनावरण समारोह से पहले श्री बादुल्गा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके सरकारी निवास पर मुलाकात की दोनों नेताओ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया श्री बादल्गा ने हैदराबाद हाउस में उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने मुलाकात की

एक प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि इस आश्य के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री मनोहर ला ने स्वीकृति प्रदान कर दी है

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चार विश्वविद्यालयों के सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प लेने का एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है

वित आयोग के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि सेवानिवृत कर्मचारी पेंशन योजना का विकल्प लेते है जो उन्हें सीपीएफ के कारण अदा की गई समस्त राशि लौटानी होगी

हरियाणा के मुख्मयंत्री श्री मनोहर लाल ने बैठक की मेज़बानी की

काबिले गौर है परिषद में सदस्य राज्यों से सम्बधित मसलों पर विचार विमर्श किया जाता है और यह परिषद सदस्यीय राज्यों के आपसी झगड़ो के समाधान के लिए मंच भी प्रदान करती है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ट्राईसिटी पंचक्ला मोहाली व चण्डीगढ़ में बढ़ते शहरीकरण और यहां के निवासियों की बढ़ती अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए एक नई संस्थागत व्यवस्था को जरूरी बताते हुए केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की तर्ज पर वैधानिक शक्ति प्राप्त बोर्ड अथवा प्राधिकरण गठित करने का अनुरोध किया है

मुख्यमंत्री ने ठम्मीद जताई कि किशाऊ डैम के लिए भी एमओयू पर शीघ्र हस्ताक्षर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने से पानी की भारी कमी से निपटने में हमें काफी सहायता मिलेगी

एसवाईएल को हरियाणा की जीवनरेखा बताते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब से रावी व्यास के पानी में से हरियाणा का पूरा हिस्सा हमें अभी भी नहीं मिल पा रहा है उन्होंने कहा कि गत वर्षों में यमूना में पानी की निरंतर कमी हई है और यह द्र्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के एक हजार से भी अधिक गांव और लाखों एकड़ भूमि आज भी पानी के बिना है श्री मनोहर लाल ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास पर्यावरण संरक्षण व कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सदस्य राज्यों द्वारा आपस में गहन तालमेल बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है

कृषि राज्य मंत्री पुरूषोंतम रूपाला ने कहा है कि बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में नुकसान के बाबजूद सरकार खरीफ की फसल के रिकार्ड उत्पादन की उम्मीद कर रही है कृषि मंत्रालय ने अभी से ही रबी सीज़न के तैयारियां शुरू कर दी है श्री रूपाला आज नई दिल्ली में रबी फस्ल पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे

मंत्री ने कहा कि राज्स्थान में फसल को टिड्डियों का खतरा है लेकिन फिलहाल कोई नुकसा नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है और आसपास के राज्यों को भी आगाह किया गया है अम्बाला शहर के एस डी एम एवं रोडवेज के महाप्रबंधक गौरी मिड्डा ने कहा कि केन्द्र भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए हर घर पोषण की जो शुरूआत की है उसे जन आंदोलन बनाने के लिए सभी विभाग बेहतर तालमेल बनाकर इस अभियान को सफल बनायें

वे आज पंचायत भवन अम्बाला शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोष्ण अभियान पर आयोजित जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी